ऐसे में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता व प्रत्याशी मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में रिझाने का प्रयास कर रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र आज कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के तहत भरमौर व रानीताल और शिमला के अर्की में जनसभाओं को संबोधित करेंगे इसी तरह हमीरपुर से पार्टी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र कांगड़ा से किशन कपूर नगरोटा बगवां मंडी से रामस्वरूप शर्मा जोगिंद्रनगर और शिमला से सुरेश कश्यप पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियानों में भाग लेंगे दूसरी ओर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज सोलन में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री और शिमला से उम्मीदवार धनीराम शांडिल भी मौजूद रहेंगे पार्टी कार्यकर्त्ताओं ने रैली को सफल बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं वहीं मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार आश्रय शर्मा हमीरपुर से रामलाल ठाक्र और कांगड़ा से पवन काजल अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करेंगें

मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने बताया है कि शिमला ज़िले के डोडरा क्वार और कांगड़ा के बड़ा भंगाल के लिए मतदान दल कल रवाना कर दिए गए हैं

पर्यटन मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने कहा है कि शिमला में सैलानियों की सुविधा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं शिमला में कल एक समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि शहर में अब रोजाना पानी की आपूर्ति की जा रही है

पूर्वाभ्यास सिरमौर जिले के पांच उपमंडल मुख्यालयों में कल चुनाव अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अंतिम चरण का पूर्वाभ्यास करवाया गया

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने चुनाव प्रचार थमने और छात्रवृत्ति घोटाले से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी सूबे में आज थम जाएगा चुनावी शोर प्रत्याशियों ने झोंकी पूरी ताकत

दिव्य हिमाचल और दैनिक जागरण के लगभग एक जैसे शब्द हैं आज थमेगा चुनावी शोर

पंजाब केसरी लिखता हैं सीबीआई की शिक्षा निदेशालय सहित प्रदेश के कई संस्थानों में दबिश दैनिक जागरण के अनुसार कई राज्यों से जुड़े छात्रवृत्ति घोटाले के तार अमर उजाला ने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के हवाले से लिखा है ऐसा कानून बनाएंगे देशद्रोहियों की रूह कांपेगी आपका फैसला के शब्द हैं भारत से कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं पंजाब केसरी का शीर्षक है हमने पाक की महंगाई को भारत की सीमा पार करने नहीं दी दैनिक भास्कर की सुर्खी है नेहरू और इंदिरा का सम्मान करता हूं लेकिन गरीबी दूर नहीं कर सकी कांग्रेस दैनिक सवेरा टाइम्स ने पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद के हवाले से लिखा है प्रचार रूकेगा तो सरकार की सांसें भी उखड़ जाएगी

छह सरकारी कर्मियों पर गाज शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने खबर दी है केंद्रीय चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर की कार्रवाई